पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल की जयंती पर राज्य में अनेक कार्यक्रम होंगे आयोजित रन फॉर यूनिटी से दिया जाएगा राष्ट्रीय एकता का संदेश लाहौल स्पिति में बर्फबारी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए ऊना के बृजेश कुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हिम प्रगति प्रदेश में अब मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली घोषणाएं समय पर पूरी होंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा केन्द्र में चलाई गई प्रगति ऐप की तर्ज पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिम प्रगति नामक ऑनलाईन प्रणाली शुरू की है

इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने दौरों के दौरान जो भी घोषणाएं करेंगे उनकी निगरानी भी इसी ऐप के माध्यम से की जाएगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महीने में एक बार खुद हिम प्रगति के माध्यम से योजनाओं की जानकारी लेंगे

इस दौरान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रन फॉर यूनिटी के साथ साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों में चित्रकला व भाषण प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे इसके अलावा शिक्षण संस्थानों और सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ भी ली जाएगी

उन्होंने कहा कि सोलन में होने वाली रन फॉर यूनिटी ऐतिहासिक ठोडो मैदान से शुरू होगी और वापिस यहीं पर संपन्न होगी

ये जानकारी खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज धर्मशाला के बागणी में आयोजित निःशुल्क एलपीजी गैस वितरण कार्यक्रम में दी

उन्होंने कहा कि आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में और परिवारों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है किशन कपूर ने कहा कि केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारें गरीबों के विकास के लिए हर ज़रूरी कदम उठा रही है उन्होंने लोगों से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया इस मौके पर उन्होंने बागणी के लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि सभी घरों को पेयजल और खेतों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है

इससे पहले उन्होंने बारी पंचायत में पौराणिक भैरेश्वर मंदिर को जाने वाली सड़क का भूमि पूजन भी किया गोबिंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेताओं की कड़ी निंदा की है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किए गए प्रदर्शन और अभद्र टिप्पणी का जवाब देश की जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच व कल्याणकारी नीतियों के लिए देश विदेश में सराहना हो रही है जबकि कांग्रेस पार्टी उन पर व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रही है जो देश की जनता को मंजूर नहीं है

ये जानकारी विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आज नाहन में जनसमस्याओं को सुनते हुए दी उन्होंने कहा कि नाहन में वाहनों की पार्किंग के लिए दो करोड़ रुपये की महत्वकांक्षी परियोजना तैयार की गई है जिससे लोगों को अपने वाहन खड़े करने की सुविधा उपलब्ध होगी इसके अलावा सार्वजनिक शौचालय पार्क रैनबसेरा और पुस्तकालय सहित अनेक विकास कार्य किए जा रहे हैं उन्होंने इस मौके पर लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया आवेदन हमीरपुर ज़िला के सुजानपुर टीहरा स्थित सैनिक स्कूल में छठी और नवीं कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रकिया शुरू हो गई है

आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी स्कूल की वैबसाईट पर उपलब्ध है

उन्होंने कहा कि लोगों को गोभी और लहसुन का बीज मुहैया करवाया जाएगा और जमीन के नुकसान का आकलन करने के भी राजस्व विभाग को निर्देश दिए गए हैं शहीद कश्मीर में शहीद हुए ऊना जिले के बंगाणा उपमंडल के ननावीं गांव के बुजेश कुमार का आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया क्षेत्र के हज़ारों लोगों ने नम आंखों से देश के वीर सपूत को अंतिम विदाई दी प्रदेश सरकार की ओर से ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने पूष्प अर्पित कर बहादुर जवान को श्रद्वांजलि दी इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और उपायुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने भी श्रद्वासुमन अर्पित किए

उन्होंने कहा कि शहीद बूजेश कुमार के नाम पर गांव में प्रवेश द्वार स्थापित किया जाएगा और गांव को जाने वाली सड़क का नामकरण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा अनुराग सरकार की जनकल्याणकारी व विकासात्मक योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए सभी अधिकारी आपसी तालमेल और कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्व का निवर्हन करे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके ये बात सांसद अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में ज़िला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक में कही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का पूरा ध्यान आम जनता पर केंद्रित है ताकि हर व्यक्ति को विकास की राह से जोड़ा जा सके अनुराग ठाक्र ने सभी विभागों को सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के निर्देश दिए

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा

हॉकी दूर्नामेंट मेजर ध्यानचंद राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता इस बार ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित की जाएगी

दुर्घटना शिमला ज़िला के ठियोग में फागू के समीप एक जीप के गहरी खाई में गिरने से वाहन चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए जानकारी के मुताबिक कल देर शाम ये हादसा उस समय हुआ जब चार युवक फागू से अपने गांव अलोटी जा रहे थे